्र प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खिलौना उद्योग में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को कहा

राज्य के कई जिलों में हो रही अच्छी बारिश से नदी नालों और बांधों में पानी की लगातार आवक हो रही है

बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में तीन दिन से हो रही मूसलाधार बरसात के कारण जन जीवन बुरी तरह प्रभावित है

झालावाड़ में भी बारिश का दौर जारी होने से नदी नाले उफान पर हैं वहीं मध्य प्रदेश में हो रही बरसात के कारण जिले की कालीसिंध परवन और चम्बल सहित अन्य नदियों में भी जल स्तर बढ़ गया है

इस बीच करौली जिले में भी अधिकांश बांध और तालाब लबालब हो गये हैं जिले के सबसे बड़े पांचना बांध में पानी की भारी आवक को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है बूंदी के बरधा बांध पर चादर चल गई है

जालौर में भी कल रात से बारिश का दौर जारी है

देश में अनेक खिलौनों उद्योग समूह हैं और हजारों कारीगर इस काम से जूड़े हैं श्री मोदी ने कहा कि नवाचारी और रचनात्मक उपायों से इन उद्योग समूहों को बढ़ावा देना चाहिए भारतीय खिलौना बाजार के विस्तार की आपार संभावनाएं हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इस उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और मुल्यों से जुडे खिलौनों का आंगनबाडी केन्द्रों और स्कूलों में शिक्षा उपकरणों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को खिलौनों के ऐसे नवाचारी डिजायन के बारे में सोचना चाहिए जो बच्चों में राष्ट्रीय उपलब्धियों और गौरव की भावना जागृत कर सकें प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के उत्कृष्ट माध्यम बन सकते हैं

श्री पॉल ने कहा कि अन्य दो वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में हैं

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री वी सतीश और प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर मौजूद रहेंगे